रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की स्थिति पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान की थीम खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना ही कोरोना से बचाव का मुख्य उपाय है इस अभियान का लक्ष्य है कि राजस्थान में कोरोना संकमण से रिकवरी की दर अधिक तेजी से बढ़े और मृत्यु दर में निरंतर कमी आए जिला प्रभारी मंत्री प्रभारी सचिव जिला कलेक्टर और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने अपने जिलों में इस वर्चुअल लॉचिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे

वहीं प्रतापगढ़ और बारां जिलों में अब कोरोना का एक भी मामला नहीं है

अब यह सितंबर तक लागू रहेगी

इनमें कोविड रोगियों के सीधे सम्पर्क में आने वाले और संक्रमण के जोखिम वाले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं

यह बसें जोधपुर सिणधरी जैसलमेर फालना और पाली मार्ग पर संचालित की जाएंगी बाड़मेर आगार मुख्य प्रबंधक ने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग आरएसआरटीसी की वेबसाइट या रिजर्वेशन ऐप से की जा सकेगी

बैठक के बाद सशस्त्र सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पुरी आजादी दी गई बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई सेना के शीर्ष अधिकारियों से जल थल और वायु सीमा पर चीनी गतिवधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है

गलवान घाटी क्षेत्र के बारे में भारत की स्थिति ऐतिहासिक तौर पर स्पष्ट है चीन के प्रवक्ता द्वारा गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन के अतीत की स्थिति के अनुरूप नहीं हैं उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी सहित भारत चीन सीमा क्षेत्रों में समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा की पूरी जानकारी है उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का हमेशा सम्मान किया है और कभी उसका उल्लंघन नहीं किया

उन्होंने कहा है कि हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी अब एनटीए द्वारा जारी राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास स्मार्टफोम ऐप से अपने मोबाइल पर हिंदी मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं श्री निशंक ने बताया कि पिछले महीने एनटीए ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर स्मार्टफोन ऐप शुरु किया था जिससे उम्मीदवार घर बैठे जेईई मुख्य परीक्षा और नीट सहित इंजीनियरी और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं वहीं देशभर में योग को स्कूली पाठयक्रम से जोड़ने के लिए ऑन लाइन योग क्विज प्रतियोगिता शुरु की गई है

मौसम विभाग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वी राजस्थान में कल से तेज बारिश होने की संभावना है इस बीच प्रदेश में कल अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में कमी आई लेकिन उमस के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीगंगानगर कल सबसे गर्म शहर रहा वहीं दौसा में कल दिनभर गर्मी के बाद शाम को मौसम में अचानक बदलाव आया और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई वहीं राजधानी जयपुर में भी कल मौसम में अचानक बदलाव हुआ